उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन कलराज मिश्र को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे राजभवन में शाम सवा चार बजे होने वाले इस भव्य समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

बैठक प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों और विधायकों की एक बैठक आज शिमला में होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान पर चर्चा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विश्वविद्यालय परिसर में दृष्टिबाधित व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य प्स्तकालय का लोकार्पण करेंगे कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने बताया है कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में ये अपनी तरह का पहला पुस्तकालय होगा

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहेंगे

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की ये दूसरी कड़ी होगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्र के शिमला पहुंचने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है शिमला पहुंचे कलराज आज लेंगे शपथ दैनिक जागरण ने लिखा है शिमला पहुंचे नए राज्यपाल कलराज शपथ आज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है नए राज्यपाल आज लेंगे शपथ हिमाचल दस्तक कलराज मिश्र के हवाले से लिखता है सबके सहयोग से प्रदेश को और अधिक सुंदर बनाएंगे पंजाब केसरी और आपका फैसला के लगभग एक जैसे शब्द हैं संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत कार्य नहीं होगा जबकि अजीत समाचार का कहना है कलराज मिश्र का शिमला पहुंचने पर भव्य स्वागत

दैनिक सवेरा ने टाइम्स ने खबर दी है हिमाचल सरकार खुद निकालेगी देवदार से तेल पत्र की एक अन्य खबर है टैक्नोमेक के भगौड़े एमडी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी अब गांवों में भी शहरों की तरह नियमों के तहत बनेंगे भवन गांवों के लिये बनेगा बिल्डिंग कोड दैनिक भास्कर की एक खबर है

पंजाब केसरी पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढी के हवाले से लिखता है दस्तावेजों की पड़ताल के नाम पर लोगों को बेवजह तंग न किया जाए दिव्य हिमाचल ने खबर दी है निवेश को आज शिमला आएगी जर्मन टीम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक में एमओयू साईन होने की उम्मीद आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है आर्थिकी के सुधार में निर्यातकों की भूमिका महत्वपूर्ण